राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेष्वर उरांव आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट पेष करेंगे बजट का आकार लगभग पच्चासी हजार करोड़ होने की उम्मीद है इससे पहले कल सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और प्रदेष के आर्थिक हालात पर श्वेत पत्र जारी किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय में चौंतीस सौ सात रुपये इजाफा होने की बात कही गयी है इस रिपोर्ट में पिछले चार वर्षो में औसत वार्षिक वृद्धि दर पांच दषमलव सात प्रतिषत रही आर्थिक सवेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर में सात दषमलव सात प्रतिषत का इज़ाफा हुआ है वहीं साक्षरता दर छियालीस दषमलव चार प्रतिषत से बढ़कर इकहतर दषमलव आठ प्रतिषत हो गयी है इसके अलावा सदन में पेष किये गये श्वेत पत्र में राज्य का वास्तिविक वित्तीय घाटा वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में लगभग सरसठ सौ करोड़ रुपये रहा इस साल जनवरी दो हजार बीस तक लक्ष्य के मुकाबले पैंसठ दषमलव चार प्रतिषत कम राजस्व की प्राप्ति हुई इसमें यह भी बताया गया है कि महिलाओं को निबंधन में छुट से बारह सौ अड़तीस करोड़ सरकार द्वारा खुद शराब बेचे जाने से एक हजार करोड़ और पेट्रोल और डीजल पर दी गयी छूट से आठ सौ करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ इससे पहले भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता की मान्यता देने की मांग को लेकर लगातार हंगामा करते रहे जिसके कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई दिल्ली हिंसा मुद्दे को लेकर विपक्ष के शोरगुल के कारण कल लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी राज्यसभा में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग की जबकि सभापति ने कहा कि दिल्ली में सामान्य रिथति बहाल होने के बाद ही इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए

दिल्ली हिंसा के मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी हंगामा हुआ सदन में शोरगूल के बीच वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक दो हजार बीस सदन के पटल पर रखा इसके अलावा गर्भपात संशोधन विधेयक दो हजार बीस और खनिज कानून संशोधन विधेयक दो हजार बीस भी सदन में पेश किया गया हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वे ट्विटर फेसबुक यू ट्यूब और इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया माध्यमों से बाहर होने पर विचार कर रहे हैं कल एक ट्वीट में श्री मोदी ने देश को सोशल मीडिया से दूर रहने की अपनी योजना के बारे में बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोशल मीडिया पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले विश्व नेताओं में हैं जिनके ट्विटर पर पांच करोड तैंतीस लाख और फेसबुक पर चार करोड़ चालीस लाख फॉलोवर हैं श्री मोदी के इंस्टाग्राम पर तीन करोड़ से अधिक फॉलोवर हैं

इनमें से एक मामला नई दिल्ली और दूसरा तेलंगाना का है संक्रमण के शिकार नई दिल्ली के व्यक्ति ने इटली की यात्रा की थी वहीं तेलंगाना का यात्री दबई की यात्रा कर चुका था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को ईरान जापान दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि अभी हम बारह देशों से आने वाले यात्रियों की यूनीवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे हैं इक्कीस एयरपोर्ट्स बारह मेजर सी पोर्ट और पेंसठ माइनर सी पोर्ट पर स्क्रीनिंग हो रही है

झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के लिए नयी नियमावली बनायी जायेगी राज्य सरकार ने नियमावली तैयार करने के लिए विकास आयुक्त सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है इस कमेटी में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल और कार्मिक प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को षामिल किया गया है यह कमेटी सातवीं आठवीं और नौवीं सिविल सेवा परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी नियमावली बनायेगी इधर छठी सिविल सेवा परीक्षा के दूसरे चरण का साक्षात्कार आज से षुरू हो रहा है

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में एक से आठ मार्च तक महिलाओं से संबंधित विषयों पर हर दिन कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस सिलसिले में आज का थीम है महिला सषक्तिकरण अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर एक मार्च से चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आज रांची वीमेंस कॉलेज में राउंड टेबल डिसक्षन का आयोजन किया जायेगा इस मौके पर महिलाओं में षिक्षा हेल्थ न्यूट्रेषन और महिला सषक्तिकरण पर चर्चा होगी राउंड टेबल डिसक्षन में तीन विषेषज्ञ कॉलेज के फैंकेल्टी मेंबर्स और छात्राएं शामिल होंगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप भी आमंत्रित हैं

ग्वालियर में खेले गये इस मैच में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित पचास ओवरों में आठ विकेट पर एक सौ तिरसठ रन बनाये इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की पूरी टीम पैंसठ रनों पर सिमट गयी झारखंड की उर्मिला ने षानदार गेंदबाजी करते हुए तेरह रन देकर पांच विकेट लिये जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा की एक सौ इक्यासवीं जयंती को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कल जुबली पार्क में विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया यह विद्युत सज्जा पांच मार्च तक रहेगी इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सीसीटीवी कैमरा के अलावा निजी गार्ड और जिला पुलिस के जवान सहित ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की गई है

जिले के पुलिस अधीक्षक पी मुरगन को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ट्विटर के माध्यम से जॉच कर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था

ये दोनों पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेष गोप के सहयोगी रहे हैं पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है